एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत को इस बात का हर्ष है कि इसने बाजरे को लोकप्रिय बनाने में अग्रणी भ्रमिका निभाई उन्होंने कहा कि यह कृषि वैज्ञानिकों और स्टार्टअप सम्दायों के लिए शोध तथा नवाचार का विषय भी प्रदान करता है

इस प्रस्ताव का बांग्लादेश कीनिया नेपाल सहित अन्य देशों ने समर्थन किया

अपने जवाब में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य में कृषि बागवानी सहित अन्य औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के भीतर से ही सड़क मार्ग की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को केंद्र सरकार ने भूमि का म्आवजा न देने की शर्त पर मंजूर किया है और परियोजना क्षेत्र से प्रभावित लोगों को विश्वास में लेकर भ्मि अधिग्रहण प्रा होने के बाद कार्य श्रु हो जाएगा

पहली बार क्षेत्रीय आधार पर आयोजित हो रहे दो दिन के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत म्ख्यमंत्री पेमा खांड्र राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री आलो लिबांग केंद्रीय दिव्यांजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव शक्ंतला डी गामलिन म्ख्य सचिव नरेश क्मार स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च के निदेशक डॉ शक्ति प्रसाद दास सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है ओडिशा के कटक में स्थित स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन टेनिंग एण्ड रिसर्च दवारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई विधायक न्यायपालिका के सदस्य वरिष्ठ अधिकारी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे है दिव्य कला शक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम में पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा पश्चिम बंगाल ओडिशा मध्य प्रदेश और दिल्ली के दिव्यांग य्वा और बच्चे कार्यक्रम के संचालन से लेकर आर्ट म्यूजिक नृत्य योगा और मार्शल आर्ट को प्रदर्शित करेंगे इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के सभी वर्गो मे दिव्यांगजनों को जीवन के सभी क्षेत्रों में सम्चित अवसर प्रदान करने के लिए जागरुक करना है

एसपीएसआईटी रोहित राजबीर सिंह के नेतृत्व में प्लिस दल ने अरुणाचल प्रदेश में प्रतिबंधित नशीली दवाओं के व्यापार के मामले में इस अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हए बड़ी सफलता हासिल की है

कोविड महामारी के बाद पहली बार छह मार्च तक चलने वाले इस शिविर में अरुणाचल प्रदेश के सेंट्रल और वेस्टर्न जोन के नौ जिलों के चार सौ पचास से अधिक एन सी सी कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं एन सी सी के अरुणाचल प्रदेश बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कौशल कर ने बताया कि कैडेट्स को हथियार चलाने आपदा प्रबंधन नागरिक सेवा कार्यक्रम सहित विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है